नामांकन लोकसभा निर्वाचन के तहत देश के सातवें चरण और प्रदेश के चौथे चरण के लिए आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है

इसके तहत वे सार्वजनिक सभा जुलूस रैली रोडशो साक्षात्कार और मीडिया में किसी तरह की अभिव्यक्ति नहीं कर सकेंगी

यह बैठक दोपहर में होगी जिसमें चुनाव तैयारियों से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे श्री कांताराव निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों और राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों से भी मुलाकात करेंगे इसी बीच प्रदेश के विभिन्न भागों में चुनाव प्रशिक्षण और मतदाता जागरूकता अभियान तेजी से जारी है खंडवा में कल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर श्रमिकों को मतदान का संकल्प दिलाया गया है वहीं मतदान सामग्री वितरण और संग्रहण दल के कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया आगरमालवा में स्वसहायता समूहों की महिलाओं के लिए मतदाता जागरूकता कार्यशाला और प्रदर्शनी आयोजित की गई वहीं जिले की सुसनेर विधानसभा क्षेत्र के मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया गया संयुक्त राष्ट्र अजहर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति ने कल मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया इस प्रस्ताव पर चीन ने पहले लगाई गई अपनी रोक हटा ली यह भारत की बड़ी कूटनीतिक विजय है भारत ने कहा है कि वह भारतीय नागरिकों को नुकसान पहंचाने वाले आतंकी सगठनों और उनके सरगनाओं पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों के जरिए अपने प्रयास जारी रखेगा जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के संयुक्त राष्ट्र के निर्णय का स्वागत करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि यह आतंकवाद और उसे बढ़ावा देने वालों के खिलाफ लड़ाई के अतर्राष्ट्रीय समुदाय के संकल्प को दर्शाने के लिए उठाया गया सही कदम है संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरूद्दीन ने कहा कि छोटे बड़े सभी देशों ने इस निर्णय में साथ दिया है और भारत उनके समर्थन के लिए आभारी है संयुक्त राष्ट्र के निर्णय के तुरंत बाद जारी वीडियो बयान में श्री अकबरूद्दीन ने इसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का यह कदम आतंकवाद के खिलाफ भारत के लोगों की बड़ी सफलता है

यहां सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रदेश में सभायें कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल होशंगाबाद जिले के इटारसी में चुनावी सभा ली वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिपरिया में चुनावी रैली को संबोधित किया मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इटारसी में कल चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार जनता को गुमराह कर रही है उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के पास विकास के नाम बोलने के लिए कृछ भी नहीं है वहीं भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सीहोर में चुनावी सभा में कहा कि कांग्रेस ने कभी जनता के हक की लड़ाई नहीं लड़ी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आज राजगढ़ के ब्यावरा में चुनावी सभा करेंगे उधर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज टीकमगढ़ में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन जिले के जतारा में जनसभा करेंगे वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ आज बुंदेलखंड में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे

भारत सरकार के कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की सशक्त समिति के निर्णय के अनुपालन में उपार्जन सीमा में वृद्धि की गई है

दोनों टीमें प्लेऑफ के लिए पहले ही क्वालिफॉई कर चुकी हैं प्लेऑफ के लिए अभी दो टीमों का फैसला होना अभी बाकी है आज मुम्बई में रात आठ बजे मुम्बई इंडियन्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा